झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में भूख से हुई मौतों के मामले में राज्य सरकार से जवाब देने का निर्देश दिया है कपड़ा मिल में काम कराने के लिए तमिलनाडू ले जाये जा रही अंठावन किशोरियों और युवतियों को पुलिस ने कराया मुक्त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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अगले कुछ सप्ताहों में भारत के पास कोरोना माहामारी से बचाव के लिए टीका उपलब्ध हो जायेगा आज कोरोना महामारी के बारे में वर्चुअल सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा है कि अगले कुछ सप्ताह में वे कोरोना महामारी के लिए टीके का विकास कर लेंगे उन्होंने कहा कि देश में अभी महामारी के आठ संभावित टीकों का विकास परीक्षण के विभिन्न चरणों में है श्री मोदी ने कहा कि आज सारी दुनिया कोरोना महामारी के किफायती और कारगर टीके की भारत से उम्मीद कर रहा है उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक समुदाय के सहयोगपूर्ण प्रयासों से भारत निकट भविष्य में बड़े पैमाने पर टीकाकरण के लिए वैकल्पिक टीका बना लेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुसंधान वैज्ञानिकों से टीके को मंजूरी मिल जाने के बाद ही टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया जायेगा उन्होंने बताया कि टीकाकरण कार्यक्रम की विस्तृत प्राथमिकता सूची राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के सहयोग से तैयार की जायेगी

उन्होंने लोगों के अदम्य साहस और प्रयासों के लिए सभी के प्रति आभार व्यक्त किया इस वर्चुअल बैठक में लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न पार्टियों के सदन के नेताओं को आमंत्रित किया गया था

अबतक मिले एक लाख नौ हजार सात सौ इकहतर मरीजों में से एक लाख छह हजार आठ सौ अड़सठ मरीज स्वस्थ हो चुके हैं

इसी के साथ राज्यभर में अब तक मिले संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख नौ हजार सात सौ इकहतर पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर कल दो सौ आठ लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई राज्यभर में अब कोरोना के एक हजार नौ सौ छब्बीस मामले सक्रिय हैं वहीं दूसरी ओर कल कोरोना से छह मरीजों की मौत के बाद अब तक मरनेवालों की कुल संख्या बढ़कर नौ सौ सतहतर पहुंच गई है कल मिले नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा रांची से पचासी मरीजों की पुष्टि हुई है

पर्व सांसद एवं भारतीय कम्यनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव भवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा है कि आज हजारीबाग में सीपीआई सीपीएम राजद कांग्रेस झामुमो सहित सभी विपक्षी दलों की बैठक हुई बैठक में कल सभी प्रखंडों में धरना देने का निर्णय लिया गया है

गोड्डा जिला के कई चौक चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पृतला दहन किया और राज्य सरकार के विरूद्व नारेबाजी की

झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में भुख से हई मौतों के मामले में राज्य सरकार से जवाब देने का निर्देश दिया है झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश डॉ रवि रंजन और न्यायधीश एसएन प्रसाद की अदालत में बोकोरो में भूख से हुई मौत के मामले में आज सुनवाई हुई सुनवाई के बाद न्यायालय ने इस मामले में सरकार से राज्य में भुख से हई मौत पर रिपोर्ट मांगी है

वहीं सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि किसी की मौत भुख से नहीं हई थी भुखल घासी की मौत के बाद प्रशासन की टीम उसके घर गई थी घर में पर्याप्त अनाज था छह माह बाद उसकी बेटी की मौत के मामले में सरकार का कहना था कि उसकी तबीयत खराब थी सदर अस्पताल में उसका इलाज कराया गया जहां मलेरिया और खून की कमी बताया गया झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल ने आज कांग्रेस के महागामा विधायक श्रीमती दीपिका पांडे एवं अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संगठन की मजबती विस्तार एवं अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बैठक की बैठक में मुख्य रूप से कांग्रेस आपके द्वार जन चौपाल सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं कल्याणकारी योजनाओं को लाभुकों तक पहुंचाने एवं जनता की मौजूदा समस्याओं पर विशेष रुप से रणनीति बनाई गई साहिबगंज के समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त राम निवास यादव ने डीएलसीसी की बैठक की

जामताडा जिले के मोरवासा पंचायत भवन परिसर में नवनिर्मित सामुदायिक पुस्तकालय भवन का उद्घाटन विधानसभाध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने किया श्री महतो ने बच्चों को खाना खिलाया और किसानों के बीच सरसों का बीज वितरण किया उन्होनें परिसर में विभिन्न विभागों के लगाए गए स्टॉलों का नीरीक्षण भी किया बाल विकास परियोजना मनरेगा आपूर्ति विभाग स्वास्थ्य कृषि विभाग पेयजल एवं स्वच्छता विभाग लैंपस के तहत धान अधिप्राप्ति केंद्र कृषि विभाग मतदाता सुची पुनरीक्षण सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अलग अलग स्टॉल लगाए गए थे आसनसोल डिवीजन के डीआरएम सुमित सरकार ने कहा है कि कोरोना के कारण बंद द्मका रांची इंटरसिटी ट्रेन राज्य सरकार की अनुमति मिलने के बाद ही रेलवे बोर्ड के परमिशन से ट्रेन सेवा शुरू की जायेगी दुमका रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण को लेकर आसनसोल डिवीजन के डीआरएम दुमका रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहँचे थे डीआरएम के साथ रेल डिवीजन के अन्य अधिकारी भी थे अधिकारियों ने दुमका रेलवे स्टेशन में चल रहे विकास कार्यों और रेलवे यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं का भी जायजा लिया रेलवे स्टेशन की साफ सफाई पानी और ट्रेक विस्तार को लेकर डीआरएम ने कई निर्देश दिये

वहीं इस मामले मानव तस्करी का मामला दर्ज किया गया है पुलिस ने लड़कियो को लेकर जा रही कपड़ा कंपनी की एचआर सुशीला शर्मा को मानव तस्करी को आरोप में गिरफ्तार कर लिया है

जिसे सिमडेगा पुलिस द्वारा पकड़ा गया था डीएसपी मुख्यालय सहदेव साव ने बताया कि बिना विधिवत कागजात को बच्चियों को लेकर जाया जा रहा था वयस्क युवतियों को सिमडेगा के वन स्टॉप सेंटर में रखा गया हैं वहीं किशोरियों को सीडब्ल्यूसी के देखरेख मेँ रखा गया है पलामू एसीबी की टीम ने आज गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड के जनेवा पंचायत के पंचायत सचिव सुनील साहू को चार हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया भंडरिया प्रखंड के सरईडीह गांव निवासी महिला को प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति मिली थी

लेकिन शेष राशि के भूगतान के लिये उक्त पंचायत सेवक ने पांच हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी महिला के परिजनों ने इस मामले की लिखित शिकायत एसीबी पलामू से की

लातेहार पुलिस ने छापेमारी कर दो कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है

पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद ने बताया कि बालूमाथ के सीरम जंगल में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई व गैन्गस्टर गिरोह अमन साव और सुजीत सिन्हा गिरोह के सक्रिय होने की सूचना प्राप्त हुई थी जिसके बाद बालूमाथ थानेदार के नेतृत्व में संघन छापेमारी अभियान चलाया गया इसी दौरान दो अपराधियों के गिरफतारी के बाद उनकी निशानदेही पर कई हथियार और कारतुस बरामद किये गये पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि दोनों अपराधी जिले में व्हाट्स अप के माध्यम से धमकी दे लेवी वसुली कार्य कर रहे थे

पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा को मिली गुप्त सुचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राइफल और तीन कारतूस के साथ उग्रवादी को कुंदा क्षेत्र के हिंदीया इलार्के से गिरफ्तार किया